राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों ने की हड़ताल समाप्त महानवमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ कल विजयादशमी पर होगा रावण दहन

ट्रक हड़ताल खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने कहा कि देश में ट्रक ट्रान्सपोर्टरों की हड़ताल के कारण प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य शासन द्वारा आपूर्ति बहाल रखी जाएगी श्री तोमर ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गये हैं खाद्य मंत्री ने ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स यूनियन के पदाधिकारियों से अपील की है कि दीवाली जैसे त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में अपनी हड़ताल समाप्त करें वहीं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि वे शीघ्र ही ट्रक आपरेटरों से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास करेंगे उधर इंदौर जिले में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए कलेक्टर लोकेश जाटव ने पेट्रोल पंप ऑनर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हुरित पटाखे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के स्थान पर कुछ नए पटाखें विकसित किए हैं इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चक्करी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने बताया कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि हरित पटाखों के बनाने के नए फार्मुले को उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नए किस्म के पटाखों को मूल्य बाजार में उपलब्ध पटाखों से कम या उनके बराबर हैं वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कम प्रद्यण फैलाने वाले हरित पटाखों का विकास एक ऐतिहासिक कदम है विजयादशमी कल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने लोगों को बधाई दी है विजयादशमी पर भोपाल इंदौर उज्जैन सहित सभी शहरों कस्बों और गांवों में रावण दहन किया जायेगा

उन्होंने कहा कि लोग आज वनों से दर होते जा रहे हैं इसलिए ईको ट्रिज्म को प्रोत्साहित करना जरूरी है वन मंत्री ने सप्ताहभर चले विंभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये श्री सिंघार ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ग्रीन कैलेंडर का विमोचन भी किया

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि संघ के पदाधिकारियों की सागर में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात हुई जिसके बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी श्री बघेल ने बताया कि हड़ताल समाप्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से किसान और आमजन परेशान हैं इसलिए उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है नोबल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हुई इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिका के विलियम जी केलिन जुनियर और ग्रेग एल सेमेन्जा ब्रिटेन के सर पीटर र्ज रैटक्लिफ को दिया जाएगा

शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कोलारस तहसील में हए सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक आटो से सवारी उतर रही थी तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी

बताया गया है कि ये लोग रतनगढ माता के दर्शन करके लौट रहे थे महानवमी प्रदेश में भी आज महानवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर देवी मंदिरों और दूर्गा पंडालों में विशेष प्रजा और भण्डारे आयोजित किये गये भोपाल जिला स्थित हरसिद्दी और कंकाली माता मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे उधर सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मैहर में आज भी श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा पन्ना के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही भण्डारे के आयोजन किये गये वहीं आगर मालवा जिले में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ महानवमी मनाई गई जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्ध पीठ मे मां बगलामुखी का लाखो श्रद्वालुओं ने दर्शन किये

राज्य सरकार ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं इस संबंध में जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल संबंधित अधिकारियों को भोपाल के छोटे तालाब के विसर्जन घाटों पर केवल क्रेन द्वारा ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन के निर्देश दिए हैं